प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आज आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरूआत की उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वहां के लोगों को बधाई दी श्री मोदी ने स्थानीय निकाय चुनावों को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन की भी सराहना की उन्होंने जिला विकास परिषद के हाल ही में संपन्न चुनावों में ठंढ और कोविड की बाधाओं के बावजूद लोगों की भागीदारी की प्रशंसा की प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के लोगों को देश भर में किसी भी अस्पताल में इलाज कराने का अवसर मिलेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाडी का उदघाटन करेंगे चालकरहित रेलगाडी पूरी तरह स्वचालित होगी जिससे मानवीय भूल की संभावना नहीं होगी प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन करेंगे देश को किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे

पत्र सूचना कार्यालय उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है पत्र सुचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को वेबसाइट पर उपलब्ध एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी विवरणों को कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ई मेल पर भेजा जा सकता है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

हजारीबाग जिले में पुलिस ने टीपीसी नक्सली संगठन के सब जोनल कमांडर दुर्गा बेदिया एरिया कमांडर राकेश गंझू उर्फ अभिषेक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है नक्सलियों की गिरफ्तारी चरही और चुरचू थाना क्षेत्र से हुई है पुलिस ने नक्सलियों के पास से एक देसी कद्दा एक देशी राइफल पोस्टर मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद किया है पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि गिरफ्तार सब जोनल कमांडर दुर्गा बेदिया और राकेश गंझू उर्फ अभिषेक के खिलाफ कई थानों में मामला दर्ज है इन दोनों के साथ संगठन का पोस्टर चिपकाने वाले संतोष यादव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है

आज पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में यह गिरफ़तारी की गयी है उन्होंने बताया कि इनलोगों के द्वारा इस क्षेत्र में संगठन विस्तार और टीपीसी के नाम पर लोगों से लेवी की मांग की जा रही थी पुलिस कार्रवाई के दौरान चार अन्य उग्रवादी भागने में सफल रहे

मुख्यमंत्री ने आयोजकों को धन्यवाद देते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया है मुख्यमंत्री झारखण्ड में आदिवासी अधिकारों सतत विकास कल्याणकारी नीतियों और कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार द्वारा किये गए कार्यों पर वक्तव्य देंगे

श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रषिक्षण प्राप्त इन लोगों को रवाना किया

ये अब अहमदाबाद में जेबीएम कंपनी में कार्य करेंगे इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जो युवा राज्य के बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए भी सरकार की ओर से कई कदम उठाए जाएंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रशासन द्वारा वनाधिकार पट्टो के वितरण में तेजी लाई जा रही है जिला प्रशासन का प्रयास है कि कानूनन सभी योग्य लाभुकों को वनाधिकार पट्टा दिया जाए

एक टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि भगवद गीता एक विलक्षण साहित्यिक कृति और ज्ञान का भंडार है सुश्री अजोले ने कहा कि यह यूनेस्को के सहयोग से अनुवादित कृतियों में से एक है उन्होंने कहा कि ॅअर्जुन और श्रीकृष्ण के बीच संवाद सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है

इन सभी नव प्रशिक्षित जवानों ने श्रीमदभागवत गीता और ग्रुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मानकर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने की कसमें खाई इस क्रम में जवानों ने शानदार परेड का प्रदर्शन किया इस दौरान मुख्य अतिथि कर्नल जनरैल सिंह ने जवानों के कठिन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए बधाई देते हुए भविष्य में आने वाली कठिन चुनौतियों से भी अवगत कराया इस क्रम में उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ आने वाले जवानों को पदक एवं पुरस्कार से सम्मानित किया